बजट में किसी प्रकार के रेल किराये में बढ़ोतरी नहीं

बजट में व्यक्तिगत आयकर श्रेणियों को बनाया गया सरल

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का आम बजट पेश किया दो घंटे इकतालीस मिनट लम्बे भाषण में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह बजट मुख्यतः तीन बातों आकांक्षी भारत सभी के लिए आर्थिक विकास करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाले भारत पर केन्द्रित है बजट में किसी प्रकार के रेल किराये में बढ़ोतरी नहीं की गयी है रेल की आधारभूत संरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि सत्ताईस हजार किलोमीटर रेल लाईनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाये जायेंगे और रेलवे लाईन के बगल में सोलर लाईन लगाने का भी प्रस्ताव है वित्त मंत्री ने कहा कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों को देश भर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से जोड़ा जायेगा बजट में एक सौ पचास नये निजी ट्रेनों के परिचालन का भी प्रस्ताव है केन्द्रीय बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने और कर कानून को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है बजट घोषणा के अनुसार अब पांच लाख रूपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा पांच लाख से साढ़े सात लाख तक की आय पर अब दस प्रतिशत टैक्स देना होगा पहले इस पर बीस प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था वहीं साढ़े सात लाख से दस लाख रूपये तक की वार्षिक आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर लागू होगी पहले यह बीस प्रतिशत टैक्स के दायरे में आता था दस लाख से साढ़े बारह लाख तक की वार्षिक आय पर बीस प्रतिशत की दर से कर लगेगा इस स्लैब में पहले तीस प्रतिशत आयकर देना पड़ता था नई दरों के अनुसार साढ़े बारह लाख से पन्द्रह लाख रूपये तक की आमदनी पर पच्चीस प्रतिशत और पन्द्रह लाख से ऊपर की आमदनी पर तीस प्रतिशत की दर से कर देना होगा नई टैक्स दरों से सालाना पन्द्रह लाख तक की आमदनी वालों को अठहत्तर हजार रूपये का फायदा होगा निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव है नई व्यवस्था के तहत सत्तर तरह की कटौतियां खत्म कर दी गयी हैं करदाता चाहे तो छूट के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर छूट का विकल्प ले सकते हैं अब गृह ऋण एलआईसी पीपीएफ राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र ट्यूशन फीस बैंकों में टर्म डिपोजिट पोस्ट ओफिस में पांच साल के जमा और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से कर में मिलने वाले छूट का फायदा समाप्त हो जायेगा वहीं स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा बजट में क़षि और किसानों के हित को बढ़ावा देने के लिए सोलह सूत्रीय कार्ययोजना का प्रस्ताव किया गया है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है बजट में दो हजार बीस इक्कीस की अवधि में पन्द्रह लाख करोड़ रूपये कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है अब प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिलेगा वित्त मंत्री ने कहा कि एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत रासायनिक खादों के प्रयोग को कम किया जायेगा और जैविक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा पानी की कमी से जूझ रहे सौ जिलों पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत बीस लाख किसानों को सोलर पम्प लगाने में मदद दी जायेगी इसके अलावा पन्द्रह लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पम्प की भी सुविधा भी प्रदान की जायेगी जिन किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है उन्हें सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई लगाने के लिए मदद दी जायेगी ताकि वे इससे उत्पन्न बिजली बेच कर आय बढ़ा सके किसानों की उपज और कृषि उत्पाद सुरक्षित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम की मदद से प्रखंड स्तर पर गोदाम बनाने के लिए मदद दी जायेगी इसके अलावा सब्जी दूध मांस और मछली जैसे खराब होने वाले उत्पादों को समय पर पहुंचाने के लिए रेलवे की मदद से किसान रेल योजना और नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से कृषि उड़ान योजना की शुरूआत करने की घोषणा की गयी है वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत दो हजार चौबीस तक और एक सौ हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले तीन वर्ष में प्री पेड स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे इससे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरतों की हिसाब से आपूर्तिकर्ता और दरें चुनने की स्वतंत्रता होगी केन्द्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि देश के एक सौ शीर्ष संस्थानों द्वारा डिग्री और डिप्लोमा स्तर का ऑनलाइन कार्यक्रम चलाया जाएगा श्रीमती सीतारामण ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय युवा इंजीनियरों के लिए एक वर्ष तक का इंटर्नशिप उपलब्ध कराएंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आधार के जरिये आवेदन करने पर तुरंत पैन देने की व्यवस्था लागू होगी बजट में भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया है इसके लिए आईपीओ लाया जायेगा केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अब बैंकों में जमा पांच लाख रूपये तक की रकम बीमा सुरक्षा के दायरे में आयेगी वर्तमान में यह राशि एक लाख रूपये है बजट में सस्ते मकान की खरीद के लिए लिये गये ऋण के भुगतान के ब्याज में एक लाख पचास हजार रूपये तक की कटौती की सुविधा को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है बजट में सीमा शुल्क दस फीसदी से बढ़ाकर बीस प्रतिशत करने का प्रस्ताव है इससे पेट्रोल डीजल सोना वाहनों के कलपूर्जे सिंथेटिक रबर टाईल्स काजू जैसे उत्पाद महंगे हो जायेंगे लाउडस्पीकर वीडियो रिकॉर्डर सीसीटीवी कैमरा और विदेशों से मंगाये गये चिकित्सा उपकरण भी महंगे हो जायेंगे वहीं फर्नीचर जूते चप्पल बिजली उपकरणों खिलौनों और कुछ घरेलू वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी बजट के प्रावधानों से जिन वस्तुओं की खरीद पर लोगों को राहत मिलेगी उनमें गृह ऋण घरेलू उपयोग के वस्तुएं शैम्पू तेल टूथपेस्ट डिटर्जेंट और पंखे शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बजट में घोषित नये सुधारों से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और यह देश के हरेक नागरिक को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाया गया है जो दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्रीय बजट को सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया है अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि बजट आम आदमी और किसानों के हित में है उन्होंने कहा कि आयकर के स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग को सहलियत होगी जबकि किसानों की खाली और बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रिड लगाने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुये कहा कि केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार बिहार को पन्द्रह हजार करोड़ रूपये अधिक मिलेंगे वहीं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि बजट में गांव गरीब और किसान पर विशेष फोकस किया गया है जिसका सकारात्मक प्रभाव देश के विकास पर पड़ेगा बजट की आम लोगों ने प्रशंसा की है हमारे संवादाता ने कुछ लोगों से बातचीत की

वह निर्भया दुष्कर्म मामले में मृत्यूदंड पाये चार दोषियों में से एक है

बजट में किसी प्रकार के रेल किराये में बढ़ोतरी नहीं

बजट में व्यक्तिगत आयकर श्रेणियों को बनाया गया सरल